सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर छह से साढे छह प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया इसमें देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है सर्रेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब अमरीकी डॉलर का बनाने के लिए व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और देश के बाजार को मजबूत करने का भी उल्लेख है

संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक कानून बताया

राष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद परिपक्व व्यवहार करने पर भी देशवासियों की सराहना की किसानों के योगदान की सराहना करते हए राष्ट्रपति ने कहा कि उनके जीवन में बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकता है

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए गंभीर प्रयास कर रही है महिला सुरक्षा के मद्दे पर राष्ट्रपति ने घोषणा की कि महिला अपराधों के तेजी से निपटारे के लिए एक हजार से अधि क फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाई जायेंगी

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायड़ ने संसद के बजट सत्र के संबंध में आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है

चीन से केवल उन्हीं लोगों को लाया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे इस पहली उड़ान में लगभग तीन सौ पच्चीस भारतीयों को वहां से लाया जाएगा

प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए श्रंखलाबद्व इकाइयां स्थापित की जाएगी इन इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्स बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों से वित्त पोषण की योजना लागू की गई है

बैंक कर्मचारियों के संगठन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं हड़ताल से नकदी जमा और निकासी चैक क्लीरेंस और कर्ज वितरण जैसी संवाए प्रभावित रहीं यनाइटेड फोरम ऑफ बैंक युनियन्स युएफबीय ने इस हडताल का आहवान किया है

इसमें विद्यार्थी खुद तय करेंगे कि उन्हें कौन सा विषत्र पढ़ना है विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने बताया कि इस सिस्टम के तहत पीजी का विद्यार्थी अपने सिलेबस से उस विषय को हटा सकेगाजो वह नहीं पढ़ना चाहता है उसकी जगह वह किसी अन्य विषय को चुन सकेगा इसमें विज्ञान के विषय के विद्यार्थी को कला का विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी उन्होंने बताया कि सीबीसीएस में विद्यार्थी को कक्षा में उपस्थिति उसके प्रोजेक्ट और सेमिनार में शामिल होने के भी नंबर दिए जाएंगे

इस मौके पर जयपुर भरतपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें

सीकर झन्झून् और अलवर शीतलहर से प्रभावित रहे